प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले छह साल में हुआ है और बिल्कूल प्लानिंग से हुआ है एक चीज के साथ दूसरी चीज दूसरे से जुड़ी हुई है तीसरी चीज हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत भिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो काफ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्मर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम फिर शुरू कर सकें और आसानी से पूंजी हासिल कर सकें पहली बार लाखों स्ट्रीट वेंडर का नेटवर्क इस सिस्टम से जुड़ा और उन्हें पहचान मिली श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकिलिंग का हमारे जीवन में बहत महत्व है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है गरीबों के कल्याण से जुड़ी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को शहरों में किराये पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना श्रू की है एक देश एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा इस योजना के तहत ऋण सुविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देशभर से दो लाख पैंतालिस हजार पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से करीब एक लाख चालीस हजार स्ट्रीट वेंडर को एक सौ चालीस करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस महीने की इक्कीस तारीख से नौवीं से बारहवीं तक के स्क्लों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है इन दिशानिर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट बुक पेन पेंसिल पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कृछ महत्वपूर्ण बिंद् शामिल किए गए हैं इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद स्नियोजित ढंग से किया जायेगा देश में अब तक कोविड नाइन्टीन के करीब चौंतीस लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में कोविड नाइन्टीन से चौहत्तर हजार आठ सौ चौरानवे से अधिक लोग स्वस्थ हए हैं ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव सात सात प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गयी है देश के पांच राज्यों उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु में स्वस्थ होने की दर अस्सी प्रतिशत से भी अधिक हैं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला के अंतर्गत हम आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रूमैटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने हाथों को बार बार धोने और खांसते तथा छींकते समय मुंह पर कपडा रखने की सलाह दी है भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि कोविड नाइन्टीन के मामलों में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और इसके रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले है उससे पता चलता है कि वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक डॉ बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्ट्डियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं देश में बाल मृत्युदर में उन्नीस सौ नबे और दो हजार उन्नीस के बीच निरंतर कमी हो रही है भारत में उन्नीस सौ नबे में प्रत्येक एक हजार जीवित शिश्ओं के जन्म के बाद पांच वर्ष की उम्र से पहले के एक सौ छब्बीस शिश्ओं की मृत्यू हो जाती थी यह मृत्यूदर घटकर दो हजार उन्नीस में केवल चौंतीस रह गई युनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास और सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग तथा विश्व बैंक समृह की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है